चौरासी प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया

प्रदेश में लोक सभा के पहले चरण में औरंगाबाद जमुई नवादा और गया के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की आज जांच की गयी जांच में पहले चरण के तेरह प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे खारिज कर दिये गये कुल साठ उम्मीदवारों में से सैंतालिस के नामांकन पर्चे सही पाये गये इन चारों सीटों पर मतदान ग्यारह अप्रैल को होगा ज्यादातर नामांकन पर्चे निर्दलीय उम्मीदवारों के खारिज किये गये सबसे अधिक औरंगाबाद में सात और नवादा में पांच प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे खारिज हो गये जमुई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इन्द्रदेव दास का नामांकन भी खारिज हो गया गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी चौदह प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे सही पाये गये हैं इधर नवादा विधानसभा उप चुनाव के लिए नौ प्रत्याशियों में से आठ के नामांकन पत्र सही पाये गये हैं दूसरे चरण में भागलपुर बांका पूर्णिया कटिहार और किशनगंज संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन के अंतिम दिन कुल चौरासी पर्चे दाखिल किये गये कल नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी दूसरे चरण के लिए पांचों सीटों पर मतदान अठारह अप्रैल को होगा बांका से सबसे अधिक तेईस प्रत्याशियों ने जबकि कटिहार से सत्रह किशनगंज और भागलपूर से सोलह सोलह तथा पूर्णियां से बारह प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किये प्रमुख उम्मीदवारों में जदयू की ओर से अजय मंडल ने भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इधर पूर्णिया संसदीय सीट से नामांकन दाखिल करने गये राजीव कुमार सिंह नामक एक निर्दलीय प्रत्याशी को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया आज विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने दूसरे चरण के लिए अपने अपने नामांकन दाखिल किये किशनगंज से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी महमूद अशरफ ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया इधर कांग्रेस प्रत्याशी और महागठबंधन के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद ने भी अपना नामांकन दाखिल किया भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अजय मंडल ने अपना नामांकन पत्र भरा कटिहार लोकसभा क्षेत्र से आज नामांकन के अंतिम दिन आठ प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा है एनडीए के बागी प्रत्याशी विधान पार्षद् अशोक अग्रवाल और एनसीपी के पूर्व विधायक मोहम्मद शकूर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चूनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के द्वारा मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों और गुरूद्वारा समेत अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा वहीं किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा प्रचार सामग्री लगाने के लिए संपत्ति के मालिक से अनुमति लेनी होगी मतदान के दिन संबंधित लोकसभा क्षेत्र के अधीन पड़ने वाले इलाके में सरकारी कर्मियों के लिए सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश रहेगा सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने कोटे की खगड़िया सीट से निवर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर को प्रत्याशी बनाया है पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने आज इसकी घोषणा की इधर सीपीएम ने कहा है कि पार्टी आरा और सिवान में भाकपा माले तथा बेगूसराय में सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को समर्थन देगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास कल सहरसा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अलावा कई प्रमंडलीय आयुक्त वरिष्ठ पूलिस पदाधिकारी और संबंधित जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षक बैठक में उपस्थित रहेंगे गौरतलब है कि तीसरे चरण के लिए तेईस अप्रैल को सुपौल मधेपुरा खगड़िया झंझारपुर और अररिया में मतदान होगा अठाईस मार्च से इन क्षेत्रों में नामांकन कार्य शुरू हो जायेगा मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी कल शाम पटना में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे पहले और दूसरे चरण का नामांकन कार्य संपन्न होने के बाद विभिन्न दलों के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान में तेजी आयी है इधर पटना सहिब से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार पटना पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस बार चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिलेगी श्री प्रसाद ने आज पटना हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना तय है कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया श्री प्रसाद ने कहा कि वे पटना सहिब के लिए नये नहीं हैं उन्होंने कहा कि वे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं इसलिए आम कार्यकर्ताओं से नजदीकी हमेशा बनी रही है इधर रोहतास जिले के सासाराम में भाजपा द्वारा विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बक्सर से प्रत्याशी अश्विनी कुमार चौबे और सासाराम से उम्मीदवार छेदी पासवान के अलावा कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए भाजपा ने बिहार में लोकसभा चूनाव के पहले दो चरणों के लिए चालीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह राजनाथ सिंह रविशंकर प्रसाद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नित्यानंद राय नंदकिशोर यादव मंगल पांडेय सहित देश और प्रदेश के कई बड़े नेताओं के शामिल हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राधामोहन सिंह ने कांग्रेस पर देश को ग्मराह करने का आरोप लगाया है श्री सिंह आज समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में पार्टी सम्मेलन के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा न्यूनतम आय प्रदान करने की घोषणा छलावा है इधर पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पांच करोड़ परिवारों को न्यूनतम आय प्रदान करने की घोषणा ऐतिहासिक है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे श्री सिंह ने कहा कि वे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी जायेगी उसका वे पालन करेंगे पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से भाजपा के निवर्तमान सांसद शत्र्घ्न सिन्हा अठाईस मार्च को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे राज्य सभा सांसद और कांग्रेस चूनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज इसकी घोषणा की जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा है कि वे अब सिर्फ मधेपूरा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे मूजफ्फरपूर जिले में चूनाव को प्रभावित करने वाले संदिग्ध पन्द्रह हजार लोगों को चिन्हित कर नोटिस भेजा गया है इधर खगड़िया संसदीय क्षेत्र में तेईस अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर जिले से सटे बीस संस्थानों को सील करने के लिए चेक पोस्ट बनाये गये हैं अपराधियों की धर पकड़ के लिए नदी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है वहीं अररिया जिले में रैली नुक्कड़ नाटक और लोक गीतों के माध्यम से मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज पूर्णियां जिले में केनगर प्रखंड के राजस्व कर्मचारी मुन्द्रिका प्रसाद सिंह को चौबीस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है सूत्रों ने बताया कि राजस्व कर्मचारी परिवादी से जमीन का रसीद काटने के एवज में पच्चीस हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था वहीं गया के तत्कालीन खान निरीक्षक मोतीलाल सिंह के खिलाफ भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य पाया गया है उसके पास से लगभग डेढ़ करोड़ रूपये से अधिक की भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति का खुलासा हुआ है राजधानी पटना सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आज तड़के आंधी पानी से जानमाल का नुकसान हुआ है औरंगाबाद जिले के ओबरा नबीनगर माली और अम्बा थाना क्षेत्रो में बारिश के दौरान बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई वहीं नालंदा जिले के कराय पशुराय थाना क्षेत्र के महादेवापुर में ठनका गिरने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई इधर गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव में एक नवनिर्मित दीवार गिरने से एक ही परिवार के पांच लोग दबकर घायल हो गये शेखपुरा जिले में हुई तेज हवा के साथ ब्रंदाबांदी से रबी प्याज और अन्य सब्जी की फसल को भी नूकसान हुआ है बारिश के कारण अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आयी है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में आंधी पानी की संभावना जतायी है

चौरासी प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया